उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि यह कानून पड़ोसी देशों में प्रताडित शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है न कि किसी की नागरिकता समाप्त करने के बारे में प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में सदगुरू का एक वीडियो लिंक साझा किया है जिसमें इस कानून के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है श्री मोदी ने कहा है कि यह वीडियो ऐतिहासिक संदर्भ और हमारी भाईचार की शानदार संस्कृति को दर्शाता है उन्होंने कहा कि इसमें स्वार्थी तत्वों से लोगों को गुमराह नहीं होने की भी बात कही गई है भारत में पिछले दो वर्ष में कुल वृक्षों और वनों का रकबा पांच हजार वर्ग किलोमीटर से भी अधिक बढ़ गया है

बाइट भारत एक वनों से फूला हुआ देश है और इसका कारण है भारतीय संस्कृति में हमारे जीवन मूल्यों में जीवन शैली में ये सारी चराचर सृष्टि मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पुष्प सब हमारे जीवन का हिस्सा हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस रिपोर्ट से भरोसा होता है कि भारत पैरिस समझौते का लक्ष्य हासिल करने के लिए सही दिशा में बढ़ रहा है

यह पिछले आकलन की तुलना में एक दशमलव एक प्रतिशत अधिक है

यह पिछले आकलन की तुलना में शून्य दशमलव चार पांच प्रतिशत कम है असम और त्रिप्रा को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में वनक्षेत्र घटा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में जगत गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जगत गुरू रामभद्राचार्य को साहित्य भूषण सम्मान से अलंकृत किया मुख्यमंत्री यहां दिव्यांग विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह में उपस्थित थे सम्मान में जगत गुरू रामभद्राचार्य को दो लाख रूपये की सम्मान राशि तथा अलंकरण पत्र और अंग वस्त्र प्रदान किया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया के दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए रामभदाचार्य का अभिनंदन और स्वागत हुआ है उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय की प्रथा हम सबको गुरूकुल प्रणाली की याद दिलाती है

उधर लखनऊ में उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के तैतालीसवें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्य समाज का मार्गदर्शक होता है उन्होंने कहा कि साहित्यकार का समाज की ज्वलंत समस्याओं को रचनात्मक दिशा देने का प्रयास करना चाहिए श्री योगी ने कहा कि हिन्दी भाषा भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा है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

उसने यह उपलब्धि जल स्वच्छता ऊर्जा और उद्योग क्षेत्रों में बेहतर काम कर हासिल की है सूचकांक की राज्यों की सूची में केरल हिमाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और तेलंगाना सबसे ऊपर हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने आज भारत के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया

उन्होंने कहा कि कुपोषण और स्त्री पुरूष असमानता देश के लिए समस्या बनी हुई है जिस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है

प्रदेश विधान मंडल का एक दिवसीय विशेष संक्षिप्त सत्र कल आहूत किया गया है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आरक्षण को दस साल बढ़ाने के लिए संविधान में सशोधन विधेयक के समर्थन के लिए यह सत्र बूलाया गया है इस विधेयक को संसद में पारित किया गया था लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अगले वर्ष पच्चीस जनवरी को समाप्त होने वाली है हाल ही में सत्रह से उन्नीस दिसम्बर तक विधान मंडल की बैठक आयोजित की गयी थी इससे पूर्व छब्बीस नवम्बर को संविधान दिवस पर विशेष सत्र आयोजित किया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतमबुद्धनगर के दनकौर क्षेत्र में कोहरे के कारण हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है इस दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गयी और पांच अन्य घायल हो गये मुख्यमंत्री ने शोक सतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवदेनाएं व्यक्त की हैं

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अपने जनपद के दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में सुरक्षित आवागमन के लिए सभी जरूरी प्रबंध करें सीआरपीएफ ने आज कहा कि लखनऊ में हाल की घटना के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है सी आर पी एफ प्रियंका गांधी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा क तहत सशस्त्र कमांडो उपलब्ध कराती है एक बयान में सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि कांग्रेस नेता ने बिना किसी सूचना के दूसरा रास्ता चुना जिस पर पहले से सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किये गये थे उधर प्रियंका गांधी न आज लखनऊ में पत्रकार वार्ता के दौरान पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद सरकार पर निदोष लोगों को गिरफ्तार करने आरोप लगाया

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पियंका गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी बात निराधार है पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रियंका गांधी वोट बैंक की राजनीति के लिए दुष्प्रचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला न आज प्रतापगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जायेगी चाहे वह किसी भी धर्म का हो उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि ये निजी स्वार्थ के लिये हिंसा भड़का रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछली सरकारों की मांगों को मानकर इस कानून को संसद से पारित कराया अब विपक्षी तुष्टिकरण के कारण इसका विरोध कर रहे हैं समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है घने कोहरे से प्रदेश में रेल सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ा है प्रदेश के कई भाग आज सवरे घने कोहरे को चादर में लिपटे रहे प्रदेश में सोनभद्र स्थित चूर्क राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां तापमान शून्य दशमलव आठ डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया मुजफ्फरनगर में एक दशमलव चार कानपुर में एक दशमलव छह और आगरा में एक दशमलव नौ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहा सोनभद्र जनपद में तापमान में लगातार गिरावट जारी है बाइट लगातार पारा लुढ़कता ही जा रहा है अम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित है नगर लगाकर ग्रामीण अंचलों में भी अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गयी है प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की छुटिटयां कर दी गई हैं आकाशवाणी समाचार के लिए जनपद सोनभद्र से मनोज कुमार सिंह मुजफ्फरनगर प्रतिनिधि ने बताया डिस्पैच शीतलहर के चलते लोग अपने घरों में ही दुबके रहे बाजार और बस अड्डे खाली नजर आए मौसम वैज्ञानिक पान सिंह का कहना है कि बीते पैतीस सालों में अधिकतम तापमान आठ दशमलव दो पर कभी नहीं आया रणवीर सिंह सैनी आकाशवाणी समाचार मुजफ्फरनगर